राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में आया बदलाव तेज हवा के साथ हुई बारिश भीषण गर्मी से मिली राहत देष के विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों का झारखण्ड लौटने का सिलसिला लगातार जारी है आज महाराष्ट्र के सतारा और गुजरात के उधना से दो श्रमिक स्पेषल ट्रेन कोडरमा पहुंची इन विषेष रेलगाड़ियों से करीब अठ्ठाइस सौ प्रवासी मजदूरों का राज्य में आगमन हुआ इन्हें अलग अलग बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया उधर कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लगभग सोलह सौ प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों को लेकर एक स्पेषल ट्रेन बोकारो भी पहुंची जिला प्रषासन द्वारा श्रमिकों और विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उन्हें सम्मान पूर्वक उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया इस बीच गुजरात के मौरवी जिले में फंसे चौदह सौ से ज्यादा श्रमिको को आज स्पेषल ट्रेन के जरिये टाटानगर लाया गया इनमें बारह सौ ज्यादा श्रमिक पष्चिमी सिंहभूम जिले के थे इन श्रमिकों को बसों के जरिये उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया इधर सूचना एवं जनसंपर्क निदेषालय रांची द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल सवेरे एयर एषिया के फ्लाईट से एक सौ अस्सी प्रवासी श्रमिक रांची लौटने वाले हैं ये सभी फिलहाल मुंबई में फंसे हुए हैं गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर श्रमिकों के हित में स्पेषल फ्लाईट चलाने का आग्रह किया था

अधिकारी ने बताया कि विश्व में इस महामारी से मौत का आंकड़ा प्रति एक लाख की आबादी पर चार दशमलव पांच है जबकि भारत में यह शून्य दशमलव तीन है

हजारीबाग में कल देर शाम जिन तीन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से एक इक्कीस मई को नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से लौटा था जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेष प्रताप सिंह ने आज प्रेस कांफ्रेस में पत्रकारों को बताया कि ईचाक के बरवा निवासी इस व्यक्ति के साथ कोच में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों की जानकारी इकट्ठी की जा रही है दो अन्य संक्रमितों में एक कटकमसांडी और दूसरा टाटीझरिया प्रखण्ड के झरबो का रहने वाला है दोनो मुंबई से निजी बस के जरिये इक्कीस मई को हजारीबाग पहुंचे थे इस बस में सफर करने वाले अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है अब तक यहां कुल एक सौ तिरासी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गये हैं आज भी लातेहार और हजारीबाग जिले में चार चार संक्रमितों की रिपोर्ट निगेटिव आई आठों मरीजों को सम्मान के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इस बीच हजारीबाग जिले में कोरोना के पांच नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बावन हो गई है हालाकि अब यहां केवल तैंतीस मामले ही सक्रिय हैं अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या चार सौ चौवालीस तक जा पहुंची है

कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और स्व आकलन का मोबाइल एप्लिकेशन आरोग्य सेतु एप अब ओपन सोर्स हो गया है

झारखण्ड में भी बड़ी संख्या में लोग इस एप्प का इस्तेमाल कर रहे हैं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

केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्तेमर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने चौदह दिन के लिए होटल की अग्निम बुकिंग कर ली थी भारतीय रेल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहा है

इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रही है

रामगढ़ जिले में पेट्रोल और राषन लेने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि बिना मास्क के न राषन दिया जायेगा और न ही पेट्रोल उन्होंने यह भी कहा कि आदेष का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज बालू के अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देष पर पुलिस ने जिले के गोला बरलंगा और पतरातू क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध बालू लदे इक्कीस ट्रकों को जब्त किया और ग्यारह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं नंबर है शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार हमारा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात

गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों झारखण्ड को ओपरेटिव बैंक में हुई चोरी की घटना के सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र झा ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी के एक लाख सैंतीस हजार रूपये भी बरामद किये गये हैं झारखंड प्रदेष कांग्रेस कमिटी ने आरोप लगाया है कि बिना तैयारी के लॉकडाउन किये जाने के कारण लोगों को काफी मुष्किलों का सामना करना पड़ा है पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष डॉ रामेष्वर उरांव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कोरोना संकट काल में केन्द्र सरकार का रवैया सही नहीं है उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की ओर से जनअभियान आयोजित किया जायेगा

राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया है चतरा गिरिडीह सरायकेला और पूर्वी सिंहमूम जिले में तेज हवा के साथ बारिष हुई है

इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है संक्षिप्त खबरें झारखण्ड प्रषासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैंतीस लाख रूपये का चेक सौंपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बुढ़मू की तीन बच्चियों को हर संभव मदद देने का निर्देष उपायुक्त को दिया है ईलाज के अभाव में इन तीनों बच्चियों की मां का निधन हो गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमिलनाडु में फंसी सौ बच्चियों को वापस लाने की पहल तेज कर दी है राज्य सरकार ने बोकारो के एक गोमिया प्रखण्ड स्थित महली गांव निवासी रितिक कुमार यादव को मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के तहत मदद पहुंचाने का निर्देष दिया है